सत्र के पहले दिन विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया सदन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी गरीबों को छत देने का काम कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना अल्मोड़ा के कई परिवारों का अपने घर का सपना हुआ पूरा अल्मोड़ा के रानीखेत में भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी दोनों देशों के सैनिकों ने अपने सैन्य उपकरण और हथियारों की जानकारी की साझा द्रप्रयाग में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्या जल्द दूर करने के निर्देश दिये

सत्र के दौरान प्रश्नकाल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सदन में भावभीनी श्रद्वांजलि दी गयी इससे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में स्वर्गीय वाजपेयी जी को श्रद्वांजलि का प्रस्ताव पेश किया नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा इदयेश कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मदन कौशिक यशपाल आर्य अरविंद पांडे भाजपा के विधायक बंशीधर भगत मुन्ना सिंह चौहान हरवंश कपूर विनोद चमोली के साथ ही कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने स्वर्गीय वाजपेयी से जुड़े संस्मरणों को सदन में साझा किया सदस्यों ने कहा कि अटल जी अजातशत्र् थे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी वे हमेशा दलगत राजनीति से दूर रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी को श्रद्वासुमन अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी सर्वमान्य और सर्वप्रिय नेता थे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वर्गीय वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की

प्रश्नकाल में आज समाज कल्याण विभाग से संबंधित सवालों में कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में विधायकों के सुझाव भी लेने की बात कही भाजपा के सुरेंद्र सिंह जीना और देशराज कर्णवाल ने नंदादेवी कन्याधन योजना और समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं से संबंधित सवाल सदन में उठाये समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब दिये निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने टिहरी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से संबंधित सवाल किया पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने इस पर सरकार का पक्ष रखा इनके अलावा कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन फ्रकान अहमद सुरेंद्र सिंह नेगी और भाजपा की रितु खंड़ुड़ी ने भी सवाल किये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के हर आदमी के सिर पर अपनी छत हो किसी को खुले आसमान के नीचे ना रहना पड़े नगर पालिका अल्मोड़ा में उनकी यह योजना धरातल पर साकार हो रही है वहां की रहनेवाली बसंती बिष्ट पहले किराए के मकान में रहती थी उनको काफी दिक्कतें होती थीं लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने अपना घर भी बना लिया है

उनके इस सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना ने पूरा कर दिया ना लोन के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़े और ना नक्शा बनाने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ी

उनका जो सपना पहले कई बार बैंकों में लोन के लिए चक्कर काटने के बाद भी पूरा नहीं हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना ने उसे पूरा कर दिया

फाइनल वीओ प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के सपनों को साकार कर रही है जिनका सपना कभी प्रा नहीं होने वाला था लोगों के अपने मकान के सपने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर नागरिक को छत देने का सपना भी पुरा हो रहा है स्लग सैन्य उपकरण अल्मोड़ा में रानीखेत के चौबटिया में भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है दोनों देशों के सैनिकों ने अपने अपने सैन्य अस्त्र और शस्त्र एक दूसरे के साथ साझा किए सैनिकों ने सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया और उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी दी तकनीक के नजरिये से विश्व गुरु कहे जाने वाले अमेरिकी सैनिकों ने विश्व के बेहतरीन शस्त्रों के साथ हाई टैक उपकरणों का प्रदर्शन किया उन्होंने अपने राकेट लॉन्चर एल एम जी और अत्याध्निक हथियारों की तकनीक के बारे में बताया साथ ही उन्हें चलाने की जानकारी साझा की भारतीय सेना के सैनिकों ने भी अपने हथियार और उपकरणों को अमेरिकी सैनिकों के सामने रखकर उन्हें अपनी शक्ति का अहसास कराया

ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं मैठाणा ग्राम पंचायत में मुख्य विकास अधिकारी हंसा दत्त पांडे ने स्वच्छता गोष्ठी आयोजित की उन्होंने ग्रामीणों को अपने गली मोहल्ले और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर समझाया इसके साथ ही ठोस तरल अपशिष्ट पदार्थो और जैविक अजैविक कूड़े का सही तरीके से निस्तारण करने पर जोर दिया मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने पॉलीथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है इसलिए पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें उन्होंने ग्रामीणों से गांव के कूडे कचरे को नदी में जाने से रोकने की व्यवस्था करने को कहा गोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी ने गन्दगी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी स्लग मौसम लगातार बारिश से जूझ रहे उत्तराखंड में मौसम कुछ राहत लेकर आया है मौसम विभाग ने पांच दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है इसके मुताबिक शनिवार तक आसमान साफ रहेगा कुछ जगहों पर हलके बादल छाये रह सकते हैं गढ़वाल और कुमाऊं के द्र्गम पर्वतीय हिस्सों में हलकी बारिश का संभावना भी जतायी गई है देहरादून में आज अच्छी धूप खिली पिछले कई दिनों से बारिश से परेशान लोगों को धूप से काफी राहत मिली

बैठक में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अधिकारी शामिल हुए

उन्होंने मुख्य शिक्षआअधिकारी को परीक्षाओं के सफल स चालन के लिए सभई व्यवस्थाएं समय से पूरे करने के निर्देश दिये

स्लग जनता दरबार रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर हो उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

सत्र के पहले दिन विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा उठाया सदन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी

अल्मोड़ा के कई परिवारों का अपने घर का सपना हुआ पूरा

दोनों देशों के सैनिकों ने अपने सैन्य उपकरण और हथियारों की जानकारी की साझा

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्या जल्द दूर करने के निर्देश दिये